वे आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले और राज्य से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सख्ती से पालन करने पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण के लिए जांच अनिवार्य है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें होम क्वारंटीन की अनुमति दी जानी चाहिए जयराम ठाकर ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिनिधि होम क्वारंटीन किए गए लोगों पर विशेष ध्यान दें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सेब व आम बहल क्षेत्रों में श्रमिकों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए ताकि बागवानों को असुविधा का सामना न करना पड़े मुख्य सचिव अनिल खाची और पुलिस महानिदेशक संजय कुंड् सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे

गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और अब तक का सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को ओछी राजनीति से प्रेरित बताया है गोविंद ठाक्र ने कहा कि कथित वेंटिलेटर खरीद मामले में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और विपक्ष बिना तथ्यों के सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है गोविंद ठाकर ने कहा कि कोरोना के वर्तमान संकट काल में प्रदेश सरकार ने लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उददेश्य से कई सराहनीय कार्य किए हैं

ऊना में आज जिला व्यापार मण्डल के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उपायक्त ने व्यापारियों को आरोग्य सेतु ऐप्प डाउनलोड करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए

इसके अलावा आयुर्वेदिक विमाग में ये इम्यूनिटि वूस्टर रिकांगपिओ में कोरोना योद्वाओं को भी वितरित किया

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच के लिए ैम्पल लिए जा रहे हैं

उमंग सामाजिक संस्था उमंग फांउडेशन ने प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के गठन और गम्भीर दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को कोरोना संकट में डयटी से छट देने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर का आभार जताया है संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि आयोग के गठन से समाज के कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में दूसरों की सहायता के बिना दफ्तर जाने में असमर्थ दिव्यांग कर्मचारियों को भी डयूटी में छूट देने संबंधी निर्णय सराहनीय है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कमार सोनी ने बताया कि इच्छक विद्यार्थी केवल ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं